और प्रदेश में कड़ाके की ठंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत जल थल और नभ तीनों क्षेत्रों में परमाणु शक्ति सम्पन्न हो गया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के रक्षा तंत्र में और भी मजबूती आई है

इसी वर्ष हमारे देश ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा किया है यानी अब हम जल थल और नभ तीनों में परमाणुशक्ति संपन्न हो गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है

श्री मोदी ने कहा कि विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है श्री मोदी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से देश अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व ने संज्ञान लिया है भारत की महान प्राकृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष पंद्रह जनवरी से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ से अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है

कुंभ मेला सेल्फ डिस्कवरी का भी एक बड़ा माध्यम है जहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति होती है सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखते समझते हैं खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपिरियंस हो सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि होंगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अट्ट संबंध रहा है श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के सिलसिले में देशभर में जो अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से आयोजित ईट राइट इंडिया कार्यक्रम प्रमुख हैं

इट राइट इंडिया अभियान के अन्दर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही हैं

कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है लेकिन यह सराहनीय है कि एफ एसएसएआई इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोकशिक्षा का काम कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेरणा ही प्रगति का आधार होती है भले ही ये प्रेरणा चाहे किसी व्यक्ति देश या समाज से मिले उन्होंने देशवासियों से कहा कि उन्हें नई प्रेरणा नई उमंग नई उपलब्धियों और नए संकल्प के साथ स्वयं और देश को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अब अपने श्रोताओं से दो हजार उन्नीस में मन की बात की अगली श्रंखला में मिलेंगे राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से दो और पक्षियों की मौत हो गयी है

इसी वायरस से उद्यान में कुछ दिनों पहले छह मोरों की भी मौत हुई थी राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को देखते हुए चेतावनी जारी की है और लोगों से चिकेन और अंडा खाने में सावधानी बरतने की अपील की है राज्य पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों ने उद्यान के नौ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पक्षियों के नमूने जांच के लिए कोलकाता स्थित जांच घर में भेजा है इधर नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का एक दल कल से दस दिनों तक संजय गांधी जैविक उद्यान का निरीक्षण कर बर्ड फ्लू की बीमारी फैलने से रोकने के उपाय करेगा वहीं संक्रमित पंक्षियों की जांच करने वाले कर्मचारियों के नमूने भी एतियात के तौर पर पटना के आरएमआरआई में जांच के लिए भेजे गये हैं प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों को दो जनवरी तक राहत की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर शहरों में सुबह के समय कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है विभाग ने गया और भागलपुर में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है ठंड से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है वहीं घना कुहासा छाये रहने के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया और भागलपुर रहा जहां का न्यूनतम तापमान क्रमशः दो दशमलव सात और तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार और पूर्णियां का छह डिग्री सेल्सियस रहा ठंड को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने पांच जनवरी तक आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के सूदी बीघा गांव में नक्सलियों के हमले के बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस बल के जवान छापेमारी अभियान में जुटे हैं गौरतलब है कि नक्सलियों ने गांव पर हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के साथ छह वाहनों में आग लगा दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा के एक दिवसीय दौरे पर कई योजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण किया श्री कुमार ने वारिसलीगंज स्थित वासोचक में लगभग पचपन करोड़ रुपये की लागत वाले पावर ग्रिड उपकेंद्र का उद्घाटन किया इस ग्रिड के कार्यशील होने से वारिसलीगंज के आसपास के पांच प्रखंड के लोगों को बिजली आपूर्ति में सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने ककोलत जलप्रपात का दौरा कर यहां दो सौ करोड की लागत से पर्यटन विकास कार्यों को पूरा किए जाने की भी घोषणा की इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजगीर स्थित जरासंध के अखाड़े का भी भ्रमण किया उन्होंने कहा कि अखाड़े के सौन्दर्यीकरण और संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार काम कर रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि कृषि विभाग की ओर से राज्य के चौबीस जिलों के दो सौ पचहत्तर सुखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत् अनुदान दिया जा रहा है

लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के तरहरी मोड़ से पूलिस ने आज एक ट्रक से दो सौ चालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगो को गिरफ्तार किया है वहीं अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनचालीस पर एक वाहन से दो सौ अड़सठ कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने आज मोतिहारी में आयोजित किसान महापंचायत में कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराकर उन्हें कर्ज के संकट से बचाया जा सकता है जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के जमुई मलयपुर मार्ग पर खैरमा के पास सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया शेखपुरा में आज मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अठारह लाभुकों को वाहन उपलब्ध कराया गया पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड के इक्कीस पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है दरभंगा जिले के एक सौ पैंतालीसवें स्थापना दिवस पर दो दिवसीय समारोह कल से शुरू होगा इस अवसर पर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

और प्रदेश में कड़ाके की ठंड